स्वास्थ्य विभाग में हए कथित लेन देन मामले में गिरफ़तार दूसरे व्यक्ति को अदालत ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

ताज़ा जानकारी के अनुसार कांगड़ा जिले में चार हमीरपुर में दो जबकि मंडी जिले में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हई है कांगड़ा जिले में कलियारा फतेहपुर ढलियारा और पंचरूखी में नए मामले सामने आए हैं हमीरपुर जिले में पॉजिटिव पाए गए दोनों व्यक्ति भोरंज क्षेत्र से हैं और ये दिल्ली और मुंबई से वापिस लौटे हैं मंडी जिले में गुरूग्राम से लौटे लड़भडोल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

दिशा निर्देश राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों शॉपिंग मॉल रेस्तरां होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए चार जुन को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा इनमें कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी इस बीच प्रदेश के कई निजी होटल मालिकों व संगठनों ने अभी होटल नहीं खोलने की मांग की है इधर ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद ही जिले में धार्मिक संस्थान खोले जाएंगे उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में लोगों के जाने संबंधी प्रोटोकोल तय किए जाएंगे और दिशा निर्देशों के आधार पर ही इनमें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति नगर व ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में लाए गए गांवों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है शिमला के कुफरी में एक बैठक में उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत पूर्व में निर्मित भवनों को निरंतर सुविधा मिले इसके लिए लोगों से विचार विमर्श कर आवेदन और सुझाव मांगे जा रहे हैं इस बीच सुरेश भारद्वाज ने भेखलटी में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया उन्होंने कोरोना संकट में अस्पतालों में रक्त की कमी दूर करने के लिए शिविर को महत्वपूर्ण बताया शिविर में करीब सौ यूनिट रक्त एकत्रित किया गया सरवीण चौधरी केंद्र सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शिमला में बताया कि ये कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सीखने के अवसरों के साथ नए स्नातकों को एक उचित मंच प्रदान करेगा उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये कार्यक्रम एक बड़ा कदम है जिससे युवाओं को काफी लाभ मिल सकेगा उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उददेश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना भी शुरू की है भाजपा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आहवान पर देश भर में विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत पार्टी जनता से संवाद करेगी इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी संसदीय क्षेत्रों में चार बड़ी वर्चुअल रैलियां की जाएंगी

फोरलेन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जगदीश चंद्र शर्मा ने आज मण्डी में कीरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को फोरलेन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित विभिन्न लोक निर्माण गतिविधियों की भी समीक्षा की गिरफ़तारी स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले के मामले में विजिलेंस ने दूसरी गिरफ्तारी की है लाखों के लेन देन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में गिरफ्तार पृथ्वी सिंह नामक इस व्यक्ति को विजिलेंस ने आज शिमला की जिला व सत्र अदालत में पेश किया

जानकारी के अनुसार आरोपी को विजिलेंस की एसआईटी ने बीती रात गिरफ्तार किया था

निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट के दौरान ये जानकारी दी राज्यपाल ने निगम की उपलब्धियों को सराहा और उम्मीद जताई कि निगम कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में और अधिक सहयोग करेगा रामस्वरूप भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना महामारी के इस दौर में कांग्रेस पर बेबुनियाद बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री महामारी से निपटने के इंतजामों में लगे हैं जबकि कांग्रेस राजनीति कर रही है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की स्वच्छ छवि वाली सरकार है और कोरोना से निपटने के लिए राज्य में हए प्रयासों की देश भर में सराहना हुई है रोहित ठाकुर कांग्रेस नेता व जुब्बल कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाक्र ने सेब सीजन निपटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा नेपाल से श्रमिकों को लाने के निर्णय का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने सरकार से समय रहते केंद्र के सहयोग से इस मामले को उठाकर इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया है रोहित ठाक्र ने कहा कि सेब सीजन को महज डेढ माह का समय शेष है ऐसे में समय रहते बागवानों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए डेंग् सोलन जिले में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनकेगुप्ता ने बताया कि इसे लेकर विभागों के साथ तालमेल स्थापित किया गया है उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने में नगर परिषद की भूमिका अहम रहेगी इसके अलावा आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर बीमारी से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेंगी विभाग ने लोगों से भी एहतियात करने की अपील की है

इनमें अब तक करीब साढ़े पांच हजार लोग पंजीकृत किए गए हैं

एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार क्वारंटीन किए गए लोगों के रहने की उचित व्यवस्था है और गुणवत्तायुक्त व पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा बाहरी राज्यों से लौटे लोगों से उनकी यात्रा का पूरा ब्योरा देने का समय समय पर आग्रह किया जा रहा है सरकार ने आईसोलेशन के लिए प्रदेश में लगभग एक हजार बैड की व्यवस्था भी की है आदेश हमीरपुर में दो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद शहर के वार्ड नम्बर एक का क्छ क्षेत्र और नादौन उपमंडल की दो पंचायतों के चार वार्ड कन्टेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील समाप्त कर दी गई है इन क्षेत्रों में अगले आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और न ही पैदल या वाहन से यात्रा कर सकेगा

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इन क्षेत्रों में कफ्यू में ढील नहीं दी जाएगी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लोगों के घर द्वार पर ही की जाएगी